प्रदेश में डायल एक सौ बारह के माध्यम से अब किसानों की समस्याओं का भी निदान होगा

इस बंद को कांग्रेस और छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कामर्स ने भी समर्थन दिया था बंद के दौरान फल सब्जी दूध पेट्रोल पम्प और दवाइयों की दुकानों को अलग रखा गया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आयोजित एक पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार को विशेष सत्र बुलाकर इस कृषि बिल को वापस लेना चाहिए वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज बंद को प्रदेश में मिले समर्थन के लिए विभिन्न वर्ग के लोगों का आभार व्यक्त किया है दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि यह बंद किसानों का नहीं बल्कि विपक्षी दलों का है उन्होंने कहा कि किसानों की आड़ में कांग्रेस सहित अन्य दल राजनीति कर रहे हैं वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने इसे कांग्रेस के इशारे पर प्रशासनिक बंद बताया है उन्होंने बंद को किसानों के बीच भ्रम फैलाने और कांग्रेस के किसान विरोधी चेहरे को छिपाने का हथकंडा बताया वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने किसानों के हित में दूरगामी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए ही बेहतर कृषि बिल लाया है उन्होंने कहा कि इस बिल का विरोध ऐसें लोग कर रहे हैं जो हमेशा से किसान विरोधी रहे हैं

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डायल एक सौ बारह में किसानों से प्राप्त होने वाली समस्याओं का त्वरित निदान करने के लिए कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं यह सेवा किसानों को इस वर्ष समर्थन मूल्य पर की जा रही धान खरीदी तक मुहैया कराई जाएगी इसके तहत किसान पंजीयन रकबे की एंटी रकबें की कमी गिरदावरी में किसी प्रकार को त्रटि धान बेचने में आने वाली समस्याओं और किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की आवश्यकता होने पर डायल एक सौ बारह पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं इसमें किसानों से प्राप्त होने वाली शिकायतों और उन पर की जाने वाली कार्रवाई की समीक्षा हर सप्ताह मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी इस बीच प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर अब तक आठ लाख छियालीस हजार मीटरिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है सबसे ज्यादा महासमुद जिले में चौहत्तर हजार मीटरिक टन से अधिक धान की खरीदी की गई है वहीं दंतेवाड़ा जिले में सबसे कम दो सौ संतावन मीटरिक टन धान की खरीदी हुई है इधर राजनांदगांव जिले में भारतीय जनता पार्टी ने धान खरीदी की व्यवस्थाओं पर नजर रेखने के लिए निगरानी समिति का गठन किया है समिति की पहली सूची जारी कर दी गई है जिसमें अड़तालीस लोगों को शामिल किया गया है धान खरीदी मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समर्थन मूल्य पर हो रही धान खरीदी के लिए लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर टोकन जारी करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ऐसे किसानों को प्राथमिकता से टोकन जारी किए जाए साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सहकारी समितियों से जारी किए जाने वाले टोकनों में सत्तर प्रतिशत टोकन लघू और सीमांत किसानों के लिए जारी हो मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिए हैं कि समी जिलों में यह प्रयास किए जाए कि लघु और सीमांत किसानों के धान विक्रय के लिए पंजीकृत रकबे के विरूद्ध धान की खरीदी एक बार में ही पूर्ण करे ली जाए कोरोना समाचार जागरूकता प्रदेश में कोरोना संक्रभित मरीजों की संख्या दो लाख अड़तालीस हजार को पार कर गई है वहीं कोविड नाइंटीन की वजह से राज्य में अब तक तीन हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चौदह सौ तेईस नये प्रकरण सामने आए राज्य में इस समय उन्नींस हजार पांच सौ से अधिक मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दो ओएसडी के साथ ही सुरक्षा प्रभारी कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं इन सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है इनके संपर्क में आए लोगों की भी जांच कराई जा रही है इधर जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर यशवंत कुमार ने कोविड कोर कमेटी की बैठक में स्वास्थ्य विमाग के अधिकारियों को कोविड नाइंटीन टीकाकरण की तैयारी के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि वैक्सीन के रखरखाव के लिए ड्राई रूम की व्यवस्था की जाए इसके लिए जिले में पैंतीस कोल्ड चेन प्वॉइंट स्वीकृत किए गए हैं

उन्होंने सांसदों विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ ही पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को मिशन दो हजार तेईस और मिशन दो हजार चौबीस के लिए एक साथ जुटना होगा उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में अनेक अनुकरणीय कार्य किए थे उन्होंने कहा कि संगठन के आधार को मजबत करके विजय छत्तीसगढ के लक्ष्य के ॅलिए कार्ययोजना बनानी होगी साथ ही मिशन दो हजार चौबीस के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए जाने वाली विकास कार्यों को धुरी बनाकर कार्यकर्ताओं को जुटना होगा इस मौके पर पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा के लिए एक एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है अनुसुचित जाति मोर्चा ज्ञापन भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्क ंडेय ने प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्यपाल अनुसूईया उइके को चौबीस बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा है ज्ञापन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ किया गया था उन सभी योजनाओं की उपेक्षा की जा रही है कई महत्वपूर्ण योजनाएं बंद कर दी गई है और कई योजनाओं का क्रियान्वयन रोक दिया गया है हाथी ग्रामीण मौत कोरबा जिले में आज सुबह हाथी के हमले में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई मिली जानकारी के अनुसार जिले के लेमरू वन परिक्षेत्र के बड़गांव में एक दंतैल हाथी ने घर में काम कर रही बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई बताया जाता है कि लेमरू वन परिक्षेत्र में हाथियों का एक दल विचरण कर रहा था जिसमें से एक हाथी बिछड़कर बड़गांव पहुंच गया घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं बंधक मजदूर तमिलनाडु में बंधक बनाकर रखे गए महासमुद जिले के चौदह मजदूरो में से सात मजदूरो को एक सामाजिक संगठन ने छड़वा लिया है इन मजदूरो को आज पिथौरा लाया गया इन मजदूरो को अच्छा रोजगार और मजदूरी का लालच देकर तमिलनाडु में एक कप फैक्ट्री में बंधक बनाकर काम करवाया जा रहा था इन मजदूरों के परिजनों ने इन्हें छुड़वाने के लिए महासमुंद जिला प्रशासन से गुहार लगाई थी दूर्घटना प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों में छह लोगों की मौत हो गई वहीं आठ अन्य व्यक्ति घायल हो गए हैं सरगुजा जिले में बीती रात हुई एक सड़क दूर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई मिली जानकारी को अनुसार ये सभी लोग बरडीह से चारपहिया एक वाहन में सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने सेमरडीह गए थे

इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं एक अन्य व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया इस घटना में सात अन्य लोग घायल हुए हैं जिनमें से पांच की हालत गंभीर बनी हुई है इधर जांजगीर चांपा जिले को पिपरसत्ती गांव में सड़क किनारे बैठे दो लोगों को मोटरसाइकिल ने ठोकर मार दी

वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया उधर कोंडागांव जिले के बनियागांव पुल के पास दो वाहनों के बीच हुई आपसी भिडंत में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई आरोपी गिरफ्तार दूर्ग और रायपुर के आसपास लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है दूर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि यह आरोपी पचास से अधिक लूट की घटनाओं में शामिल रहा है इसके पास से पचास नग मोबाइल छह सोने की चैन तीन दोपहिया वाहन और साढे सात लाख रूपये नगद बरामद किया गया है पुलिस बच्चे प्रशिक्षण कोंडागांव जिले में बनियागांव के बच्चों को पुलिस विभाग द्वारा सेना में भर्ती होने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसके तहत बच्चों को सौ मीटर पंद्रह सौ मीटर और पांच किलोमीटर तक की दौड़ लंबी कृद ऊंची कूद गोलाफेंक और विम्ब तथा रस्सा चढ़ने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है गौरतलब है कि पिछले दिनों बनियागांव में एकदिवसीय चलित थाना लगाया गया था जहां गांव के बच्चों ने भारतीय सेना और पुलिस में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी जिसे गंभीरतापूर्वक लेते हुए एसडीओपी अमित पटेल ने धनोरा थाना प्रभारी को बच्चों के प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए थे संक्षिप्त समाचार राज्य शासन ने आज भारतीय वन सेवा के पैंतीस अधिकारियों के नये पदस्थापना आदेश जारी किए हैं छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक कल नौ दिसंबर को मुंगेली जिले के मनियारी गांव में महिला उत्पीडन से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई करेंगी संस्कृति विभाग द्वारा राज्य के कलाकारों और लोक कलाकारों के लिए चिन्हारी पोर्टल में ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की गई है कोरोना संकट के कारण बीते काफी दिनों से बंद चल रहे कबीरधाम जिले के ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर के कपाट आज से श्रद्वालुओं के लिए खोल दिए गए हैं देशभर में चौथा स्थान प्राप्त करने वाले सूरजपुर जिले के झिलमिली थाने के पुलिस अधिकारियों को आज खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया बिलासपुर के सांसद अरूण साव ने जिले में संचालित विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों की बैठक लेकर केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की बीज निगम द्वारा पिछले एक साल से बोनस की राशि नहीं दिए जाने से नाराज जांजगीर चांपा जिले को किसानों ने आज बीज निगम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एमडी मेडिसीन और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यू एस चंद्रवंशी को सिविल सर्जन बनाया गया है जांजगीर चांपा जिले के किरारी गांव में पंचायत सचिव के साथ मारपीट करने के आरोप में सात ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है दुर्ग स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र के रेल भिल विभाग के शिपिंग रिकॉर्ड रूम में आज सुबह आग लग गई फायर विंग्रेड की मदद से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया लेकिन इस आगजनी में इस विमाग से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए भिलाई इस्पात संयंत्र में आज काम के दौरान एक टैंकर चालक की मौत हो गई राजनादगांव जिले के छुरिया से पुलिस ने अवैध शराब के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है इनके पास से करीब पांच सौ देशी शराब की बोतलें बरामद की गई हैं